केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मनायेंगे दशहरा

शारदीय नवरात्र के दौरान प्रदेश भर में भक्ति और श्रद्वा का माहौल शक्तिपीठों पर उमड़ रही श्रद्वालुओं की भारी भीड़

श्री नायडू इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बीसवीं वर्षगांठ के अक्सर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए श्री नायडू ने शिक्षा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सही समय पर प्रामाणिक सूचना सरकारी सेवाओं और ई प्रशासन पहल तक पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ समय बिताने के लिए गुरूवार को राजस्थान के बीकानेर शहर जाएंगे वह शस्त्र पूजा कर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री पाकिस्तान के साथ लगी संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ त्यौहार मनाएगा श्री सिंह बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन भी करेंगे पिछले साल गृहमंत्री उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर दशहरा समारोह में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार इलाहाबाद में होने वाले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुम को पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न करायेगी इस आयोजन के सिलसिले में तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं श्री योगी ने इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वृहद आयोजन के दौरान श्रद्वाल्ओं को समी मूलमूत सुविधायें मुहैया कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं होने देगी उन्होंने बताया कि कुम के तहत छह सौ तैंतालीस परियोजनाए चिन्हित की गई हैं जिनमें से बानबे परियोजनाए तकरीबन पूरी हो चुकी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कुम से संबंधित सभी स्थायी निर्माण कार्य अगले महीने की बीस तारीख़ तक पूरा कर लिये जाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ दो हजार उन्नीस में पहली बार श्रद्वालुओं को अक्षयकट और सरस्वती कूप के दर्शन की सुविवा मिलेगी उन्होंने घोषणा की कि कुंम के दौरान किसी तरह का सरचार्ज नहीं लिया जायेगा श्री योगी ने कहा कि कुंम में सभी की भागीदारी सुनिश्वित करने के उददेश्य से प्रत्येक गांव से एक प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया है इसके अलावा एक सौ बानबे देशों के प्रतिनिधियों को ब्लाया गया है ताकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस आयोजन का प्रचार प्रसार पूरी दृनिया में हो सके इससे पूर्व राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में कुंम मेला मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई जिसमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के सुझाव पर बोलते हुए श्री नाईक ने कहा कि नामकरण से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कल नई दिल्ली में आयोजित दौड़ में महिलाओं और बच्चों सहित सैंकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया इसका उद्देश्य मानवाधिकारों और उनके संख्यण के बारे में जागरूकता का प्रसार करना था आयोग के अध्यक्ष एच एल दत्तू ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर मुक्केबाज मैरी कॉम और निशानेबाज विजय कुमार भी मौजूद थे दिल्ली में कल से अंतर्राष्टीय सिल्क मेले के आयोजन की सभी तैयारियां परी हो चकी हैं प्रग होने वाले तीन दिन के इस मेले में रेशम और इससे बनने वाली सामग्री के एक सौ से अधिक उत्पादक हिस्सा लेंगे मेले में विदेशों से भी बडी संख्या में लोगों के पहंचने की उम्मीद है

सूत्रों ने बताया है कि कल सुबह तक्रीबन चार बजे जमीन से माइनस चार मीटर पर अंदर बने कोविल गैलरी में शॉर्ट सकिंट होने से आग लग गई जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया

शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वाल माँ दर्गा के छठें स्क कात्यायनी माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं

श्री मलिक श्राइन बोर्ड के अघ्यव्त भी है में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है